प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गुजरात में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे

प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से एकता ट्रेन यात्रा को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस ट्रेन में वाराणसी और मिर्जापुर सहित पूर्वांचल के महिला और पुरूष बड़ी संख्या में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर प्रदेश भर में उन्हें याद करते हुए विभिन्न विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

विधानसभा के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक रन फॉर यूनिटी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे इसके बाद वह रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडो दिखा कर रवाना करेंगे

प्रदेश सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाये जाने के निर्देश दिये हैं इस अवसर पर सभी कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा पूर्वान्ह ग्यारह बजे राष्टोय एकता शपथ ली जायेगी

सभी विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जायें गी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात साढ़े नौ बजे संगठित भारत में युवाओं की भूमिका विषय पर एक विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ अहमदाबाद मुंबई चैन्नई गुवाहाटी जम्मू और लखनऊ स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुना जा सकेगा

इनमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तथा दिल्ली पूर्वोत्तर और चेन्नई की परियोजनाएं शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व में कल टोक्यो में तेरहवें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद यह घोषणा की गई तेरहवी भारत जापान शिखर वार्ता में कल दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के छह महत्वपूर्ण समझौते हुए वार्ता के दौरान भारत और जापान के बीच नीतिगत तथा विश्वस्तरीय सहयोग इंगित करने के बारे में भी निर्णय लिया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मजबूती देते हुए जापान ने इसकी रूपरेखा की पुष्टि किए जाने की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की सफल यात्रा के बाद आज सुबह स्वदेश लौट आए हैं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

प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज बारह अहम फैसलों को मंजूरी दी है इनमें सबसे अहम उर्वरक और अन्य निर्माता इकाईयों के लिए प्राकृतिक गैस पर वैट की दरों में बदलाव है जिसके तहत अब तक लागू कई प्रकार की दरों को एक समान करते हुए साढ़े चौदह फीसदी कर दिया गया है इसका सीधा फायदा किसानों को होगा क्योंकि इसकी वजह से यूरिया के दाम में पैंतीस रूपये प्रति बैग तक की कमी हो जायेगी इसके अलावा मोटर वाहनों को रंगे जाने के संबंध में मोटरयान नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है जिसके तहत बाइक टैक्सी और दूसरी टैक्सी गाड़ियों को काले लाल और कत्थई रंग में नहीं रंगा जायेगा मंत्रिमंडल ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत सभी जिलों में सामान्य सुविधा केन्द्र बनाये जाने को मंजूरी दी है कुंभ मेले में आने वाले कल्पवासियों को सत्रह रूपये के हिसाब से प्रति राशनकार्ड दो किलो चीनी दिये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई हाल ही में कृषि कुंभ के दौरान प्रदेश में खेती में निवेश को लेकर जापान के साथ हुए समझौते को कैबिनेट में आज मंजूरी दे दी गई

दूरदर्शन समाचार के तीन लोगों की एक टीम आज चुनाव कवरेज के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में गई हुई थी जिला पुलिस बल की एक टीम इनकी सुरक्षा के लिए तैनात थी

इस मुठभेड़ में दूरदर्शन न्यूज के कैमरा मैन अच्युतानंद साहू एक पुलिस एएसआई रूद्रप्रताप सिंह और एक कांस्टेबल मंगल राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई

बस्तर रेंज के डीआईजी ने बताया है कि अतिरिक्त पुलिस बल तत्काल मौके की ओर रवाना किया गया और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दूरदर्शन के कैमरा मैन और अन्य दो पुलिस कर्मियों के नक्सली हमले में शहीद होने पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत कैमरामैन के परिवार को दस लाख रूपये राहत राशि दिये जाने का ऐलान किया है इसके अतिरिक्त परिवार को पांच लाख रूपये की राशि पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के जर्नलिस्ट वेल फेयर फंड की ओर से भी दी जायेगी जिनकी जान गई है उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं इस मुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे और साथ ही जितने भी मीडियाकर्मी हैं और जितने भी लोग जो ऐसी खतरनाक जगहों पे जहां जाते हैं उसको कवर करते हैं मैं आज उनको याद करता हूं और उनके शौर्य को याद करता हूं कि वो वहां जाकर देशभर को वहां की इतला देते हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने भी दूरदर्शन के कैमरा मैन और सुरक्षाकर्मियों के नक्सली हमले में शहीद होने पर दुःख व्यक्त किया है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शेखर वेमपति ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की कवरेज में तैनात दूरदर्शन की बहादुर टीम के प्रति एकजुटता व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देव दीपावली के दिन अयोध्या में सरयू तट पर तीन लाख दीपों से सरयू की आरती करेंगे पिछले वर्ष इस अवसर पर एक लाख अस्सी हजार दीये जलाये गये थे इस वर्ष यह दीपोत्सव विश्व रिकार्ड स्थापित करेगा

छह नवम्बर को दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण तथा सीता के स्वरूप का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे तथा अयोध्या में पूष्प वर्षा की जायेगी उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय रात आठ बजे से दस बजे तक रखने के अपने पहले के आदेश में बदलाव किया है शोर्ष न्यायालय ने कहा है कि तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के लिए समय बदला जाएगा लेकिन इसकी अवधि दो घंटे से अधिक नहीं होगी